रेलवे अगले दो वर्षों में और दो लाख तीस हजार कर्मचारियों की करेगा भर्ती

अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आयेगी गिरावट केन्द्र सरकार ने वर्ष दो हजार इक्कीस में जनगणना जाति के आधार पर कराने का फैसला किया है उपमूख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ये जानकारी दी पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित समारोह में श्री मोदी ने कहा कि उन्नीस सौ इकतीस के बाद केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए सरकार उचित संवैधानिक प्रावधान करेगी श्री मोदी ने कहा कि अगले पंचायत चुनाव में एससी एसटी आरक्षण की सीमा को तेरह प्रतिशत तक और बढ़ाया जायेगा वर्तमान में एससी एसटी को सत्रह प्रतिशत जबकि अतिपिछड़ा को बीस प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है रेलवे अगले दो वर्ष में दो लाख तीस हजार कर्मचारियों की भर्ती के लिए नये सिरे से काम करेगा ये पद दो चरणों में भरे जाने का प्रस्ताव है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समय एक लाख इक्यावन हजार पांच सौ अड़तालीस पदों पर भर्ती का काम जारी है श्री गोयल ने कहा कि इन भर्तियों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को दस प्रतिशत के आरक्षण का लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि रेलवे में अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गो का मौजूदा आरक्षण पहले की तरह जारी रहेगा रेल मंत्री पीयूष गोयल को अस्थाई रूप से वित्त मंत्रालय और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया है राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति में बताया गया है कि श्री जेटली के स्वस्थ हो जाने तक वे अपने मौजूदा मंत्रालय के अलावा इन दोनों मंत्रालयों का कामकाज भी देखेंगे झारखंड के हजारीबाग स्थित व्यवहार न्यायालय ने पटना के डाकबंगला चौराहा से फ़ेजर रोड तक स्थित हसन इमाम वक्फ स्टेट की जमीन पर बनी इमारतों को शिया वक्फ बोर्ड को सौंपने का आदेश दिया है इसमें सेंट्रल मॉल विशाल मेगा मार्ट कौशल्या इ स्टेट वन मॉल और टाइम्स आफ इंडिया बिल्डिंग समेत कई महत्वपूर्ण इमारतें तथा बंदर बागीचा में पांच बिगहा जमीन शामिल है पटना के ही नेउरा में एक सौ छह बिगहा जमीन पर मालिकाना हक का फैसला भी बोर्ड के पक्ष में आया है संपत्तियों की कीमत लगभग पच्चीस अरब रूपये बतायी जाती है इन संपत्तियों पर मालिकाना हक की सुनवाई उन्नीस सौ चौतीस से चल रही थी इन संपत्तियों को पटना के चर्चित बैरिस्टर रहे हसन इमाम ने उन्नीस सौ उनतीस में दान कर दिया था गुरूगोविंद सिंहजी महाराज के तीन सौ पचासवें प्रकाशोत्सव पर लगभग छियासठ लाख रूपये गबन के मामले में नौ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है आरोप है कि प्रकाश पर्व के दौरान एक काम के लिए तीन एजेंसियों को दो बार भूगतान किया गया इस मामले में पटना के तत्कालीन ग्रामीण एसपी ललन मोहन प्रसाद और एएसपी राकेश कुमार दूबे से भी स्पष्टीकरण की मांग की गयी है राज्य के संबद्धता प्राप्त दो सौ अठाईस कॉलेजों में दो सौ अठासी करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है शिक्षा विभाग ने खर्च की गयी राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र और उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की सूची नहीं सौंपने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालू शैक्षणिक सत्र में राशि के भुगतान पर रोक लगा दी है साथ ही विभाग ने राजभवन को पत्र लिखकर ऐसे कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनतीस जनवरी को सुबह ग्यारह बजे परीक्षा पे चर्चा के दूसरे संस्करण के अंतर्गत छात्रों अध्यापकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे इस बातचीत में छात्र अभिभावक अध्यापक और प्रधानमंत्री मिल बैठकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि परीक्षा के दौरान छात्रों को किस तरह किसी भी तनाव या दबाव से मुक्त रखा जा सकता है आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व एशिया और रूस सहित कई देशों के छात्र शामिल हो रहे हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इस साल के अंत तक खेती के लिए अलग बिजली फीडर का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा कृषि पशुपालन और सहकारिता क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व बैठक में श्री मोदी ने कहा कि इन फीडरों के माध्यम से किसानों को पचहत्तर पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अगले तीन दिनों तक हल्की बूंदाबांदी होगी इस दौरान पन्द्रह से बीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछ्आ हवा चलने की भी संभावना है विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की ओर से साईक्लॉनिक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है जिस कारण सीवान सारण बक्सर और भोजपुर जिले के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होगी पिछले चौबीस घंटों के दौरान गौनाहा में सबसे अधिक सात दशमलव चार मिली मीटर बारिश दर्ज की गयी कल देर शाम से पटना और आस पास के इलाकों में लगातार ब्रंदाबांदी हो रही है विभाग ने कहा है कि बारिश के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से लोगों को अधिक ठंड का सामना करना पड़ेगा वहीं कृषि विशेषज्ञ इस बारिश को गेहूं और मक्के की फसल के लिए काफी फायदेमंद बता रहे हैं बारिश से फसलों को दो पटवन का लाभ हुआ है बिहार प्रवासी दिवस पर आज पटना में आयोजित समारोह में दस देशों के लगभग चालीस प्रतिनिधि भाग लेंगे उद्योग विभाग के निदेशक रवीन्द्र प्रसाद ने बताया कि इसका उद्देश्य राज्य में पूंजीनिवेश के लिए अप्रवासी भारतीयों को प्रेरित करना है

इसके लिए लाभार्थियों को मात्र तिरसठ हजार रूपये देना होगा एक लाख रूपये निगम अनुदान देगी मधुबनी जिला प्रशासन ने स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित बालिका गृह को बंद करने का फैसला किया है

इस संबंध में विभाग को पत्र लिखा जायेगा उन्होंने बताया कि संस्था ने बालिका गृह के संचालन में असमर्थता जाहिर की है कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र के तेजा टोला से पुलिस ने तीन अपराधियों को दो पिस्तौल एक देशी कट्टा पांच मैगजीन और पन्द्रह कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है वहीं पूर्वी चंपारण जिले के मेहिषी थाना पुलिस ने इमली चौक के पास से वाहन लूटेरा गिरोह के दस अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है इधर पटना के अलग अलग थाना क्षेत्रों ने छापेमारी कर पुलिस ने तीन हथियार तस्करों को एक पिस्तौल दो देशी कट्टा पांच मैगजीन और एक दर्जन गोली के साथ गिरफ्तार किया है वहीं बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र के किशनपुर से पुलिस की लूटी गयी राइफल और गोलियों के साथ दो अपराधियों को गिरफ्तारी हुई है समस्तीपुर जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र के गंगसारा पंचायत की महादलित बस्ती में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेन्डर फटने से लगभग चालीस घर जल कर नष्ट हो गये वैशाली जिले के सदर थाना के इजरा गांव के पास पुलिस ने एक ट्रक से पचासी कार्टन और समस्तीपुर जिले के कल्याण थाना क्षेत्र के पुरूषोत्तमपुर गांव से बाईस कार्टन शराब बरामद की है लखीसराय जिले की एक अदालत ने दो सगे भाइयों की हत्या के बारह साल प्राने एक मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास और दस दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है रोहतास जिले के नगर थाना क्षेत्र के डिलियां के पास अपराधियों ने एक व्यवसायी से पांच लाख रूपये लूट लिये वहीं गया जिले के सिविल लाईंस थाना क्षेत्र के गांधी मैदान के पास अपराधियों ने हथियार के बल पर एक बीमा एजेंट से सवा दो लाख रूपये लूट लिये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में उतरने से जुड़ी खबरें आज के अधिकांश समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है प्रियंका को पूर्वी यूपी की कमान दैनिक जागरण के शब्द हैं राहुल ने चला प्रियंका कार्ड दैनिक भास्कर ने ईवीएम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है ईवीएम पर अब कांग्रेस कैसे सवाल उठा रही है यह आयी तो उसके समय थी प्रभात खबर की सुर्खी है दो साल में चार लाख नौकरियां देगा रेलवे राष्ट्रीय सहारा ने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बयान को प्रकाशित करते हुए लिखा है अगले पंचायत चुनाव तक तेरह प्रतिशत और आरक्षण आज लिखता है पीयूष गोयल को वित्त मंत्री का प्रभार

रेलवे अगले दो वर्षों में और दो लाख तीस हजार कर्मचारियों की करेगा भर्ती

अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आयेगी गिरावट